प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भू स्थानिक डाटा तैयार और अर्जित करने सम्बधी नियमों को उदार बनाने के फैसले की सराहना की राष्ट्रीय राजमार्गो पर टोल प्लाज़ा के सभी लेन आज मध्य रात्रि से फास्टैग लेन घोषित कर दिये जायेंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि राज्य सरकार ने सरस्वती नदी के पुनरोद्वार के लिए परियोजना को मंजूरी दे दी है

कोविड वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है याद रखना दवाई भी और कड़ाई भी यह भी याद रखना है कि बार बार हाथ धोना मास्क पहनना व दो गज की दूरी अभी भी जरूरी है केन्द्रीय विज्ञान एवं प्रैद्योगिकी मंत्री डा हर्षवर्धन ने कहा है कि नये भू स्थानिक दिशा निर्देश प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण और पांच हजार अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य की पूर्ति के लिए उत्प्रेरक का काम करेंगे आज नई दिल्ली में इस दिशा निर्देशों को जारी करने के बाद मीडिया से बातचीत में डॉ हर्षवर्धन ने कहा कि यह नीति भारतीय नवाचारियों को मानचित्रण में ठोस प्रगति करने के योग्य बनायेंगे जिससे छोटे उद्योगों का सशक्तीकरण होगा और जीवन सरल होगा मंत्री ने कहा कि मानचित्र और सटीक भू स्थानिक डाटा नदियो और औद्योगिकी कोरिडोर से सम्बधित राष्ट्रीय संरचना परियोजनाओं के लिए महत्वपूर्ण है पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि यह मानचित्र तैयार करेन सम्बधी नियमों को बदलकर भू स्थानिक क्षेत्र को बेडियों से मुक्त करवाने का ऐतिहासिक फैसला है उन्होंने कहा कि नक्शा विकास के उपकरण के तौर पर जाना जाता है न कि देश को सुरक्षित करने के तौर पर जाना जाता है डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र को हाल ही में निजी क्षेत्र के लिए खोलने के बाद आज की घोषणा से राष्ट्र निर्माण हित भू मानचित्रण को पाबंदियों से मुक्त करने और इसके बड़े इस्तेमाल का मार्ग प्रशस्त हआ है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भू स्थानिक डाटा तैयार करने और अर्जित करने सम्बधी नीतियों को उदार बनाने के फैसने की संराहना की है टवीट के मध्यम से दिये गये एक संदेश में श्री मोदी ने भू स्थानिक दिशा निर्देशों को आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को धरातल पर उतारने की ओर एक बड़ा कदम बताया है उन्होंने कहा कि यह फैसला डिजीटल इंडिया को आगे बढ़ाने में सहायक होगा प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि ये सुधार देश के स्टार्टअप निजी क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र एवं खोज संस्थाओं द्वारा नवाचार को आगे बढ़ाने और मापनीय समाधान के निर्माण के लिए अनेक अवसर मुहैया करवायेंगे उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि इससे देश में रोजगार भी पैदा होगा और आर्थिक विकास में भी तेज़ी आयेगी

नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में पुलिस के संयुक्त आयुकत साईबर प्रकोष्ठ प्रेमनाथ ने कहा कि दिशा रवि ने निकिता जैकब और शान्तन् के साथ मिलकर टूल किट तैयार की उन्होंने कहा कि कनाडा निवासी प्नीत ने इन लोगों को खालिस्तान समर्थक पियोटिक जस्टिस फाउडेशन के साथ मिलवाया

राष्ट्रीय राजमार्गो पर टोल प्लाज़ा के सभी लेन आज मध्यरात्रि से फास्टेग लेन घोषित कर दिये जायेंगे सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार ऐसा डिजीटल तरीके से शुल्क का भुगतान किये जाने को बढ़ावा देने प्रतीक्षा समय और ईंधन की खपत को कम करने और टोल प्लाज़ा निर्विघ्न पार करने की सुविधा देने हेतु किया गया है

मंत्रालय ने इस वर्ष पहली जनवरी से एम और एन श्रेणी के मोटर वाहनों पर फास्ट्रेग लगाना अनिवार्य कर दिया है एम श्रेणी में वे चौपहिया वाहन आते है जिनका उपयोग यात्रियों को लाने व ले जाने के लिए किया जाता है

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि राज्य सरकार ने सरस्वती नदी के पुनरोद्वार के लिए एक परियोजना को मंजूरी दे दी है इसके तहक आदि बद्री में सरस्वती बांध सरस्वती बैराज और सरस्वती जलाश्य का निर्माण किया जायेगा साथ ही कैथल सप्लाई चैनल द्वारा मारकंडा नदी और सरस्वती नदी को जोड़ा जायेगा

मुख्यमंत्री आज जिला यम्नानगर के आदिब्रदी में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव के दौरान सरस्वती नदी नये परिप्रेक्ष्य और विरासत विकास विषय पर आयोजित एक सेमिनार को वीडियो कांफ्रेस के माध्यम से सम्बोधित कर रहे थे श्री मनोहर लाल ने कहा कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग के पुराने मानचित्रों के अनुसार सरस्वती नदी योजना को अंतिम रूप दिया गया है इससे हरसेक और अन्य वैज्ञानिक संगठनों द्वारा सरस्वती नदी का परिसीमन और मानचित्र तैयार किया गया है उन्होंने कहाकि सरस्वती नदी के प्नरोद्वार प्राचीन सरस्वती विरसात को पुन जीर्वित करेगा और द्वनिया की सबसे पुरानी सरस्वती नदी सभ्यता का द्वनिया के सामने लायेगा मुख्यमंत्री ने कहा कि यह परियोजना ऐसे सभी स्थानों को विकसित करने के लिए भी लाभदायक होगी जहां सरस्वती नदी और उसकी विरासत के प्रमाण मौजूद है सरस्वती नदी में जल के बारहमासी प्रवाह से भू जल स्तर का पुनर्भरण भी होगा

उन्होंने गुरूग्राम रेलवे स्टेशन पर बने पैदल पुल का शुभारंभ भी किया इस पुल से राजेंद्र पार्क के आसपास स्थित विभिन्न कॉलोनियों के लाखों लोगों को इसका लाभ मिलेगा

केंद्रीय मंत्री रेलवे स्टेशन पर पैदल पुल एक्सीलेटर का शुभारंभ भी किया जिससे रेलवे स्टेशन के पैदल पुल पर चढ़ने वाले लोगों को लाभ मिल सकेगा केंद्रीय मंत्री ने बताया कि रेलवे स्टेशन के आर पार जाने के लिए पैदल पुल की मांग कई वर्षों से की जा रही थी

पैदल प्ल के निर्माण में नगर निगम ने भी रेलवे का सहयोग किया है

पुलिस प्रवक्ता श्री आदर्शदीप सिंह ने बताया कि आरोपी की पहचान फरीदाबाद के कृष्णा कालोनी निवासी निशांत के तौर पर हुई है